उन्होंने इन सदस्यों से कहा कि वे नीति से जुडे मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें प्रधानमंत्री ने सांसदों से सदन के साथ साथ जनता के बीच भी सक्रिय रहने को कहा उन्होंने ट्वीट करके आशा व्यक्त की कि ये सदस्य संसदीय कार्यवाही में कारगर भूमिका निभायेंगे हिमाचल से नव निर्वाचित राज्य सभा सांसद इंदु गोस्वामी ने भी कल शपथ ग्रहण की मुख्यमंत्री कोरोना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व उनके परिवार के सदस्यों की कोरोना जांच की रिपोर्ट नैगेटिव पाई गई है जयराम ठाकुर ने अपने उपसचिव के कोरोना संक्रमित होने के बाद कल अपना कोरोना टैस्ट कराया और जिसकी रिपोर्ट कल देर शाम आई है मुख्यमंत्री अभी होम क्वारंटीन में रहेंगे

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर डी धीमान ने बताया कि इन लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वह कार्यालय आ सकते हैं उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों होम क्वारन्टीन का परामर्श दिया गया है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने ध्येय को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी शुरु से ही सूचना शिक्षा और मनोरंजन का काम करती रही है आज प्रसारण दिवस के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को बधाई दी है अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि रेडियो देश में मनोरंजन और समचार का सबसे सस्ता माध्यम है

ये सभी कुछ दिन पहले मैंहदली में पॉजिटिव पाए गए दो प्रवासी मजदूरों के सपर्क में आए थे

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों और भाजपा को नया प्रदेशाध्यक्ष मिलने से जुड़ी खबर को को प्रमुखता दी है कोरोना महामारी पर अमर उजाला की सुर्खी है सचिवालय पहुंचा कोरोना उप सचिव समेत तीन पॉजिटिव सीएम क्वारंटीन पंजाब केसरी व हिमाचल दस्तक का एक जैसा शीर्षक है सीएम कार्यालय पहुंचा कोरोना जयराम ठाकूर हुए होम क्वारंटीन दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव पत्नी सहित पूरे परिवार में कोरोना नहीं हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष बने सांसद सुरेश कश्यप शीर्षक से अमर उजाला लिखता है मुख्यमंत्री जयराम और जेपी नड्डा के करीबी होने के साथ पार्टी ने खेला एससी कार्ड आपका फैसला के शब्द हैं सुरेश कश्यप बने हिमाचल भाजपा के नए सरदार दैनिक भास्कर का कहना है भाजपा ने सांसद सुरेश कश्यप को बनाया नया प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल दस्तक लिखता है बिंदल के बाद शिमला लोकसभा क्षेत्र को ही पार्टी की सरदारी दिव्य हिमाचल के अनुसार सुरेश कश्यप हिमाचल भाजपा के नए कप्तान मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है दीवाली तक हिमाचल की आर्थिकी सुधारना मेरा लक्ष्य हिमाचल से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने ली शपथ संबंधी खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है

नमस्कार